प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आईटी उद्योग से राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का आह्वान किया है कल नई दिल्ली में देशभर के आईटी और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पेशेवरों तथा बड़े उद्योगपतियों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह मिलकर करना चाहिए उन्होंने कहा कि इससे समाज के वंचित वर्गों की विभिन्न समस्याआ से निपटने का प्रभावी और व्यापक समाधान ढूंढा जा सकेगा आज भी हमारे वाल्मिकी समाज के भाई बहन हमारे सिवेज वगैरह साफ करते हैं ड्रेनेज में नीचे उतरते हैं और आए दिन खबर आती है कि यहां इसकी मृत्यु हो गई यहां उसकी मृत्यु हो गई

श्री मादी ने कहा कि मौजूदा सरकार के कायकाल में ज्यादा से ज्यादा लोग कर का भुगतान कर रहे हैं जो हम टैक्स देते हैं वो एक व्यवस्था का हिस्सा है लेकिन समाज सेवा तो टैक्स प्लस कुछ करे तब होती है टैक्स देने वालों की संख्या मोदी के कारण नहीं बढ रही है इस देश के टैक्स पेयर को जिस दिन विश्वास हो जाता है कि मेरी पाई पाई का सही उपयोग होता है इस देश का कोई नागरिक टैक्स चोरी नहीं करेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जाना चाहिए केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि केन्द्र की सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षो के दौरान वोट के सौदे की राजनीति को ध्वस्त कर विकास के मसौदे पर आधारित राष्ट्रनीति के साथ काम किया है

विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि एक लम्बे समय से तथाकथित सक्यूलर सिंडिकेट की तुष्टीकरण की राजनीति ने अल्पसंख्यकों विशेष कर मुस्लिमों को सशक्तिकरण से वंचित कर रखा था उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी के विकास की राह को अपनाया है उन्होंने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में दश के लोगों का विश्वास लगातार बढ़ा है श्री नकवी ने कहा कि पिछले साढ़े चार सालों में बीजेपी एनडीए की सरकार आठ से बढ़कर बीस राज्यों में पहुंच गई है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के कल्याण के लिए कई लोकप्रिय योजनाएं चला रखी है अल्पसंख्यक समाज की लड़कियों की शिक्षा के लिए युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है उन्होंने कहा कि इस वर्ष आजादी के बाद सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के युवा सिविल सर्विसेज में चुने गये हैं जिनमें स इक्यावन मुस्लिम समाज से हैं राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि बेहतर शिक्षा से ही समाज आगे बढ़ेगा तथा इसके लिए सरकार द्रढ़ संकल्पित है आज जौनपुर में एक शिक्षण संस्थान के वार्षिकोत्सव को संबोधित करते हुए श्री नाईक ने कहा कि मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में हर दिशा में विकास हो रहा है उन्होंने कहा कि राज्य में नकल विहीन परीक्षाएं कराई जायेगी राज्यपाल ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर बल देते हुए कहा कि आज लड़किया हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण को काफी आगे बढ़ाया है उन्होंने कहा कि मृदा परीक्षण कार्यक्रम से किसानों को काफी लाभ हो रहा है श्री नाईक न छात्रों को अच्छा व्यक्ति बनने के मंत्र बताये केन्द्र ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों के निपटारे के लिए मौजूदा विधिसम्मत और संस्थागत ढांचे की जांच के लिए मंत्रि समूह का गठन किया है

यह समूह तीन महीने के अन्दर महिलाओं की सुरक्षा के मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा और अन्य अपेक्षित उपायों की सिफारिश करेगा इस सिलसिले में महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कुछ हफ्तों से एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हो गया है देश में जिसमें औरतें पहली दफा बात करने लग गई हैं कि उनके साथ क्या क्या होता है अपने कार्यस्थल पर

तो इसलिए मैं धन्यवाद देती हूं प्रधानमंत्री जी को और राजनाथ जी को कि उन्होंने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया है जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि नेशनल कमिशन ऑफ वुमैन को कैसे ताकतवर करें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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोगों के सम्मानजनक जीवन जीने में विज्ञान की बड़ी भूमिका है

वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए उन्होंने आहवान किया कि वैज्ञानिक आम आदमी के जीवन में व्यापक बदलाव लाने के उद्देश्य से शोध और तकनीकी विकसित करे उन्होंने कहा कि एक समय देश में भीषण खाद्यान संकट था लेकिन विज्ञान के सहारे देश ने नई क्रांति की और खाद्यान में आत्मनिर्भरता हासिल की है लखनऊ में कल से तीन दिवसीय कृषि कुंभ दो हजार अट्ठारह का आयोजन किया जा रहा है

राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज पत्रकार वार्ता में बताया कि कृषि कुंभ का आयोजन भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तेलीबाग के परिसर में किया जा रहा है

इस मेले में प्रदेशभर के सभी जनपदों में एक लाख से अधिक किसान कृषि विशेषज्ञ छात्र तथा कृषि क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमी भाग ले रहे हैं उन्होंने बताया कि कृषि कुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के अलावा कई मंत्रीगण भी भाग लेंगे इस कार्यक्रम में तकनीकी सेमिनार में चौदह सत्र निर्धारित किये गय हैं इन सत्रों में इंडो इजराइल पाटनरशिप एग्रीकल्चर पालिसी एण्ड रिफार्म फार हायर एण्ड सस्टेन फारर्मस इनकम इंटीग्रेटेट फार्मिंग सिस्टम और बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि के विकास की रणनीति प्रमुख है रीजनल आउटरीच ब्यूरो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आज लखनऊ में छत्रपति शिवाजी सभागार रामाधीन सिंह इंटर कॉलेज बाबूगंज में एक दिवसीय पोषण अभियान पर कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा कि कुपोषण एक चिन्तनीय विषय है और सरकार इसके उन्मूलन के लिए हर संभव प्रयास कर रही है

उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करने तथा फास्ट फूड से दूर रहने की सलाह दी पीआईबी के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह ने कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में विस्तार से चर्चा की इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत एक विशेष सम्पर्क कार्यक्रम का आयोजन केन्द्रीय अकादमी जानकीपुरम् विस्तार लखनऊ में किया गया जिसमें विषय संबंधी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया राज्य में सरकारी क्रय केन्द्रों पर अब तक पांच सौ चौवालीस किसानों से तीन हजार दो सौ तेरह दशमलव पांच मीट्रिक टन धान सीधे खरीद की गई है

समाप्त